केंद्र सरकार ने रायपुर को फ्यूचर डेवलपमेंट शहर के लिए चुना राज्य के आदिवासी बहल क्षेत्रों में करीब चार सौ सत्रह किलोमीटर सड़कों और चौंतीस पुलों का निर्माण किया जाएगा प्रदेश के पहले और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव का निधन राजकीय सम्मान के साथ कोरिया जिले के बैकुंठपुर में कल किया जाएगा अंतिम संस्कार यूजीसी भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों से भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखने को कहा है आयोग ने पत्र लिखकर इन संस्थानों से कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक कोई भर्ती न की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च में घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षकों के कुल आरक्षित पदों के निर्धारण के लिए किसी पूरे संस्थान को नहीं बल्कि शैक्षिक विभाग को इकाई माना जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले साल अप्रैल के आदेश के आधार पर आयोग ने यह फैसला किया था उच्चतम न्यायालय ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सही माना था इसके बाद यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया और सभी शैक्षिक संस्थानों से कहा कि नए फॉर्मूले के हिसाब से किसी शिक्षक की भर्ती न की जाए उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर जल्दी ही सुनवाई करेगा

केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय के सचिव द्र्गा शंकर मिश्रा ने मंत्रालय में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि शहरों में पेयजल सड़क और जल विकास के स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा करें तथा नए कार्यो के लिए कार्ययोजना भी बनाएं इस दौरान प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने विभागीय कार्यकलापों की जानकारी दी सड़क पुल निर्माण लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने बताया है कि प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यातायात सुविधा के लिए करीब चार सौ सत्रह किलोमीटर लंबाई की सड़कों और चौंतीस पुलों का निर्माण किया जाएगा इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में करीब चौरानवे करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है कृषि विवि रैंकिंग रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में बारहवां स्थान प्राप्त किया है

गौरतलब है कि वर्तमान में देशभर में बहत्तर कृषि विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिनमें से केवल तिरसठ कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है ई प्रोक्योरमेंट परियोजना सरकारी खरीदी बिक्री की सभी प्रक्रियाओं से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना की शुरूआत की है शुरूआती दौर में यह परियोजना पांच विभागों लोक निर्माण उद्योग स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण जल संसाधन और ऊर्जा विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी बाद में इस परियोजना की सफलता को देखते हुए सत्तर सरकारी विभागों एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों में इसे चरणबद्द तरीके से लागू किया जा चुका है इस परियोजना के लिए सरकार ने चिप्स को नोडल एजेंसी बनाया है

इस विधेयक में सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देना एक अपराध बना दिया गया है और इस अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है विधेयक में रिश्वत देने को प्रत्यक्ष अपराध माना गया है रिश्वत देने के लिए मजबूर किए जाने वाले व्यक्ति को अधिकारियों को सात दिन के भीतर सूचना देने की स्थिति में इस कानून के दायरे से मुक्त रखा जाएगा कांग्रेस बंद जगदलपुर मेडिकल कॉलेज को जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल से अलग कर डिमरापाल स्थानांतरित किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जगदलपुर बंद का आव्हान किया था नगर बंद के चलते जगदलपुर की कई दुकानें बंद रहीं जबकि स्कूल कॉलेज और शासकीय कार्यालय खुले रहे

डॉक्टर सिंहदेव की बीते कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के कारण जीवन रक्षक प्रणाली में रखा गया था चिकित्सकों के द्वारा काफी प्रयास के बाद भी उन्हे नही बचाया जा सका डॉक्टर सिंहदेव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कोरिया जिले के बैक्ंठपुर में कल किया जायेगा इसके लिए कोरिया राजमहल परिसर में तैयारियां की जा रहीं हैं गौरतलब है कि कोरिया के पूर्व राजघराने के डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव अविभाजित मध्यप्रदेष में उन्नीस सौ सड़सढ़ में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार में मंत्री रह चुके हैं

प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव के निधन के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को आज उनके निजी निवास से कांग्रेस भवन लाया गया जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सिंहदेव को श्रद्वांजलि अर्पित की इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि डॉक्टर सिंहदेव का निधन कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है सिंहदेव निधन शोक राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने प्रदेश के प्रथम और पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री टंडन ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री सिंहदेव प्रदेश को लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे उनके निधन से प्रदेश को अपूरणीय क्षति पहुंची है वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव के निधन पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर सिंहदेव ने एक सजग और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में सादगी के साथ जनता की सेवा की मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर सिंहदेव जीवनभर समाज और देश की सेवा में लगे रहे डॉक्टर सिंह ने आज रायपुर के मौलश्री विहार कॉलोनी स्थित डॉक्टर सिंहदेव के निवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भी अर्पित किया हरियर छत्तीसगढ़ अभियान हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत औद्योगिक संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा आज मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान हरियर छत्तीसगढ़ वृक्षारोपण कार्यक्रम दो हजार अट्ठारह के विषय में चर्चा की गई बैठक में सभी औद्योगिक संस्थाओं के लिए वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित किए गए विशेष रूप से सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और एक चक में वृक्षारोपण करने के निर्देश औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए अजीत जोगी रायपुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक अजीत जोगी बावन दिनों के बाद आज रायपुर लौट आये है उनके लौटने पर माना विमानतल पर कार्यकर्ताओं ने हल भेंट कर उनका स्वागत किया इसके बाद श्री जोगी एक रैली के रूप में अपने निवास की ओर रवाना हुए उनके स्वागत के लिए रास्ते में कई जगहों पर स्वागत मंच बनाया गया था इस मौके पर श्री जोगी ने कहा कि प्रदेश के लाखों लोगों की दुवाओं और प्रार्थना का असर है कि वे स्वस्थ होकर वापस लौट आए हैं गौरतलब है कि श्री जोगी का स्वास्थ्य खराब होने के बाद रायपुर से एयरलिफ्ट कर गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था हाल ही में चुनाव आयोग ने श्री जोगी की पार्टी को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया है मौसम प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसकी वजह से प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है वहीं सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने देश के हिन्दी कवि गोपाल दास नीरज के निधन पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि श्री नीरज के निधन से आधुनिक हिन्दी कविता की विकास यात्रा के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया राज्य हज कमेटी द्वारा प्रदेश से हज जाने वाले यात्रियों के लिए आगामी बाईस जुलाई को सुबह नौ बजे से रायपुर के खालसा स्कूल में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है खरीफ मौसम की खेती के लिए प्रदेश के सात लाख से अधिक किसानों को दो हजार दो सौ तिरपन करोड़ रूपये का बिना ब्याज का कृषि ऋण दिया जा चुका है कांकेर जिले में युवा कांग्रेस द्वारा दस सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया

चिकित्सा अधिकारियों के चार सौ तेईस खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पच्चीस जुलाई तक बढ़ा दी गई है